उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मौजूदा मंत्री सांसद विधायक नगर निगम के महापौर निगमों के अध्यक्ष ज़िला परिषद् या पंचायत संघ के सदस्य किसी भी मतगणना एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे संदीप कुमार ने बताया कि विशिष्ठ व्यक्तिों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है

मतगणना कर्मियों के लिए आज केलंग में पूर्वाभ्यास भी करवाया गया सहायक रिटर्निंग अधिकारी अमर नेगी ने कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए

सहायक निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि सभी मतगणना टेबल पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के एंजेटों के बैठने की भी व्यवस्था रहेगी उन्होंने गणना अधिकारियों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए

ज़िला दंडाधिकारी ललित जैन के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा कर्मियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे

इस व्यवस्था के कारण चुनाव परिणामों में देरी हो सकती है

छोटा शिमला में सद्भावना चौक पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्वांजलि दी उन्होंने लोगों को सद्भावना की शपथ भी दिलाई इस अवसर पर देशभक्ति गीत व भजन प्रस्तुत किए गए शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राजीव गांधी को श्रद्वांजलि दी और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद किया उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर की नींव राजीव गांधी ने ही रखी थी और कांग्रेस को संगठित करने में भी उनका अहम् योगदान रहा है ऊना में उपायुक्त कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों को आतंकवाद व हिंसा का डटकर विरोध करने की शपथ दिलाई गई राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है

हालांकि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है इन झुग्गियों में उत्तर प्रदेश और बिहार से काम की तलाश में आए परिवार रहते थे दमकल विभाग के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया मामले की छानबीन की जा रही है और घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने बताया कि परीक्षार्थी संबंधित विद्यालय से ही ऑनलाइन आवेदन भेज सकते हैं

इसमें शिमला सोलन सिरमौर और किन्नौर ज़िले के युवा भाग ले सकेंगे सेना भर्ती निदेशक तनवीर सिंह मान ने आज शिमला में बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह कम्पयूटराईज्ड है और पारदर्शी तरीके से करवाई जाती है